इसका उद्देश्य् इन कर्मचारियों पर काम के अधिक बोझ को दूर करना और चिकित्सकों व रोगियों के वैश्विक अनुपात को बनाए रखना है लोकसभा में कल केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि राज्यों से दूर दराज के इलाकों में काम कर रहे चिकित्संकों और अर्ध चिकित्सा कर्मियों को अतिरिक्त वित्तीय प्रोत्साहन देने को भी प्रावधान करने को भी कहा है जल शक्ति जल शक्ति अभियान की केंद्रीय प्रभारी नंदिता गुप्ता ने अभियान को सफल बनाने के लिए नियमित रूप से समीक्षा करने के अधिकारियों को निर्देश दिए है धर्मशाला में कल हुई एक बैठक में अभियान के तहत हुए कार्यो की समीक्षा करते हुए उन्होंने सभी सरकारी कार्यालयों के भवनों में वर्षा जल संग्रहण का ढांचा विकसित करने की कार्य योजना बनाने को कहा

ताकि जलस्तर को बेहतर बनाया जा सके डोरमैट्टी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की पहल पर हिमाचल भवन दिल्ली में रोगियों और उनके तीमारदारों के लिए वातानुकूलित डोरमैट्री सुविधा आरंभ हो गई है प्रत्येक डोरमैट्री में छः छः बिस्तरों का प्रावधान है इसकी ब्रकिंग हिमाचल भवन नई दिल्ली और सामान्य प्रशासन विभाग शिमला से की जा सकती है मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज मॉनसून सक्रिय होने से जोरदार वर्षा हो रही है इस वर्षा से तापमान में हल्की गिरावट आई है और लोगों को उमसभरी गर्मी से राहत मिली है राजधानी शिमला व आसपास के इलाकों में रूक रूक कर तेज़ वर्षा हो रही है और कई क्षेत्रों में गहरी धुंध छाई है मौसम विभाग ने आज व कल प्रदेश के अनेक स्थानों पर वर्षा का ये क्रम जारी रहने की संभावना जताई है

एनएच किन्नौर जिला में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पांच चट्टाने खिसकने के कारण पांगी नाला के पास आज भी बंद है इस कारण पूह उपमंडल का जिला मुख्यालय से संपर्क कटा हुआ है ये मार्ग सड़क चौड़ा करने के कारण चट्टाने गिरने से बंद हुआ है और अभी भी कुछ चट्टाने खतरनाक बनी हुई है जिन्हें हटाने का काम चल रहा है प्रथम पुरस्कार ऊना जिला के पंजावर गांव के अनिल राणा को राष्ट्रीय स्तर पर मछली पालन में बेहतर उत्पादन के लिए देश भर में प्रथम पुरस्कार मिला है

मत्स्य पालन मंत्री वीरेंद्र कंवर ने अनिल राणा को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा है कि प्रदेश के युवाओं को राणा से स्वरोजगार के लिए प्रेरणा लेनी चाहिए अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर प्रदेश सरकार द्वारा गुजरात के औद्योगिक घरानों के साथ हुए समझौता ज्ञापन की खबर आज अधिकाश समाचारों पत्रों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है

दैनिक भास्कर के अनुसार हिमाचल में हर घर को मिलेगा नल हर खेत तक पहुंचेगा पानी दैनिक जागरण की सुर्खी है सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य विभाग का बदलेगा नाम

दिव्य हिमाचल की एक ख़बर है हिमाचल को थोक में मिले राजमार्गो पर चलेगी कैंची केंद्रीय राजमार्ग मंत्री गडकरी की सैद्धांतिक मंजूरी का पीएमओ तय करेगा भविष्य पहली बार बेटी को देख एवरेस्ट विजेता के छलके आंसू की ख़बर को अमर उजाला ने अपने बोटम में प्रकाशित किया है सुन्दरनगर में विजिलेंस पर टूट पड़े तस्कर एसपी समेत पुलिस कर्मी घायल संबंधी ख़बर अधिकांश समाचार पत्रों में प्रमुखता लिए है हिमाचल में ठोस कचरे से बिजली बनाएगी एबिलॉन क्लीन एनर्जी दैनिक सवेरा टाइम्स की एक ख़बर है मौसम से जुड़ी ख़बर पर आपका का फैसला का शीर्षक है अगले दो दिन भारी बारिश की चेतावनी जबकि दैनिक भास्कर के शब्द हैं भारी बारिश में पांच घर ढहे एक व्यक्ति ढांक से गिरा मौत

नमस्कार